्र चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा मोबाइल ओपीडी वैन के जरिए आमजन को जांच के लिए सैंपल लेने की मिलेगी सुविधा ्म मौसम विभाग ने कहा आने वाले दो सप्ताह तक प्रदेश के ज्यादातर भागों में तेज बारिश की संभावना राज्य में पिछले एक माह से चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राज्य विधानसभा का पांचवां सत्र कल से शुरु होगा सत्र से पहले आज भाजपा विधाायक दल की बैठक हुई बैठक में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर वरिष्ठ भाजपा नेता वी सतीश मुरलीधर राव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश प्रनिया प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचन्द कटारिया समेत भाजपा विधायको ने भाग लिया बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचन्द कटारिया ने कहा कि सरकार के विरोधाभास से जनता पेरशान है सदन में जनहित के मुद्दे उठाये जाएंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार कितने दिन चलेगी इसके भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता

श्री पायलट मुख्यमंत्री आवास पर श्री गहलोत से मिलने पहुंचे जिसके बाद दोनों नेताओं की बैठक हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में उपस्थित रहे इसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित हुई जिसमें कांग्रेस के अलावा अन्य समर्थक पार्टियों तथा निर्दलीय विधायकों ने भी भाग लिया आज ही कांग्रेस ने विधायक भंवर लाल शर्मा तथा विश्वेन्द्र सिंह का निलंबन रद्द कर दिया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की आज बैठक भी हुई इस बीच बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय सम्बन्धी मामले में आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी

इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा सत्र को दौरान कोविड महामारी से बचाव के लिए सचिवालय द्वारा पुख्ता व्यवस्था की गई है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कर प्रशासन के क्षेत्र में एक नया मॉडल विकसित किया है

प्रदेश में विभिन्न वर्गों ने प्रधानमंत्री द्वारा आज लाँच किये गये कर पोर्टल को कराधान प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है बीकानेर के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधीश शर्मा ने कहा कि इसके माध्यम से कर प्रक्रिया काफी सरल हो जायेगी

सहकारिता मंत्री उदयलाला आंजना ने ये जानकारी दी

बीकानेर संभाग में टिड्डियों और फाके पर नियंत्रण के लिए आज से हैलिकॉप्टर से कीटनाशकों का छिड़काव शुरु किया गया है सांसद राहल कस्वां ने आज एक हैलिकॉप्टर को चूरू क्षेत्र के लिए रवाना किया इस हैलिकॉप्टर ने पूरे जिले में टिड्डी प्रभावित क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव किया श्री कस्वां ने बताया कि टिड़डी से हए नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत मुआवजे की मांग की गई है

आज आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब किसान खेती के अलावा अन्य सहायक गतिविधियों से भी जुड सकेंगे डॉ राठौड के साथ की गई ये पूरी बातचीत आकाशवाणी जयपुर से आज रात नौ बजे प्रसारित की जायेगी

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में चल रही मोबाइल ओपीडी वैन के जरिए आमजन को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दी जाने वाली दवाओं के साथ जरूरी जांच के लिए सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी उन्होंने बताया कि इन मोबाइल ओपीडी वैन के जरिए हजारों लोग चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं

हालांकि मौसम विभाग ने आज कहा कि परिस्थितियां अनुकूल हैं और आने वाले दो सप्ताह तक प्रदेश के ज्यादातर भागों में तेज बारिश होने की संभावना है विभाग ने आज अलवर बारा ब्रूंदी झालावाड़ तथा कोटा में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है इसी प्रकार कल अजमेर भीलवाड़ा राजसमन्द जिलों के लिए रेड अलर्ट तथा कई अन्य जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है

इस मौके पर आकाशवाणी जयपुर का समाचार विभाग आप को भी शामिल करना चाहता है